वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के अन्त में श्री मोदी ने कहा कि सबसे अधिक महत्व्पूर्ण बात लोगों का विश्वास है जो बढ़ रहा है और डर दूर हो रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने आज के विचार विमर्श के जरिये एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है श्री मोदी ने बिहार गुजरात उत्तर प्रदेश पश्चिम बगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विशेष रूप स जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है

जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन दस राज्यों में ही हैं इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन दस राज्यों के एक साथ बैठकर के हम समीक्षा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रेक्टिसेज है उन्होंने किस किस प्रकार के नये इनिशिएटिव लिये हैं वे सबके ध्यान में आए क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने समझने को मिला है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच का नेटवर्क बढ़ाने के अलावा आरोग्य सेतु एप से भी संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने संक्रमण पर नियंत्रण और निगरानी में मदद मिली है

इससे पहले चार दिन से रोजाना साठ हजार से अधिक लोग सक्रमित हो रहे थे

वहीं देश में मृत्यू दर घटकर दो प्रतिशत से नीचे चली गई है अब यह दर एक दशमलव नौ नौ प्रतिशत रह गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच हजार एक सौ तीस नये कोरोना मामले आने के बाद अब कुल कोरोना मामलों की संख्या एक लाख इकतीस हजार सात सौ तिरसठ हो गई है जिनमें से अड्तालीस हजार नौ सौ नवासी सक्रिय मामले हैं अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में कोरोना से अस्सी हजार पांच सौ नवासी मरीज ठीक हुये हैं और दो हजार एक सौ छिहत्तर लोगों की कोरोना से मौत हुई है

एक रिपोर्ट बरेली में कोरोना के आंकड़े हर रोज नया कीर्तिमान बना रहे है

नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली

लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण यह दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलॉड होने वाला एप बन गया है सरकार के समर्थन से तैयार किये गये इस एप ने शुरू होने के तीन महीने के अन्दर ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली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

प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है राज्य अब कोरोना की प्रतिदिन टेस्ट क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है यहां प्रतिदिन एक लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है कल राज्य में एक लाख एक हजार उन्तालीस सम्पल की जांच की गई और अब तक तैंतीस लाख चौदह हजार चार सौ पैंतीस नमूनों की जांच की गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में डब्ल्यू एच ओ द्वारा निर्धानित मानक से तीन गुना ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किये जा रहे हैं प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन की चारों ओर धूम है

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर बधाई दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में आग्रह किया है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते सामूहिक आयोजन से बचें और नियमों का पालन करते हुये जन्माष्टमी का पर्व अपने घरों पर ही मनायें मथुरा में वृन्दावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर जन्माष्टमी कल मनायी जायेगी वहीं श्रीकृष्ण की क्रीडा भूमि नंद गांव में जन्माष्टमी का महोत्सव परम्परागत रूप से आज मनाया जा रहा है एक रिपोर्ट मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और वृन्दावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी बुधवार को मनाई जायेगी इस वर्ष कोरोना संकट के चलते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के सभी मंदिरों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा

ना श्रद्धालुओं का सैलाब है न भक्तों की उमड़ती भीड़ केवल मंदिर के ही चंद सेवायत पुजारियों द्वारा अपनी परंपरा का निर्वाहन किया जा रहा है पारंपरिक रूप से गोस्वामी समाज के लोग बधाई गायन गा रहे हैं

इसके बाद बुधवार को नंद महोत्सव भी मंदिर में परंपरागत रूप से ही मनाया जायेगा लेकिन भगवान श्रीकृष्ण की क्रीडा भूमि नंदगांव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव परंपरागत रूप से आज मनाया जा रहा है मोहम्मद उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा

वेबिनार के मुख्य अतिथि मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश रहा है उन्होंने कहा कि यहां भाषा बोली संस्कृति और परम्पराएं भिन्न हैं लेकिन भारत की आत्मा एक है वेबिनार मे विधायक पंकज सिंह और पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपीसरोज सहित कई वक्ताओं ने भाग लिया